उन्होंने कहा कि दो अक्तबर गांधी जयंती तक चलने वाले इस अभियान का उर्देश्य साफ सफाई के काम में लोगों का सहयोग जुटाना व स्वच्छता अभियान को और सशक्त बनाना है श्री मोदी ने महिलाओं व युवाओं से इस अभियान में अपनी सहभागिता बढ़ाने की अपील की इधर प्रदेश भर में भी इस अभियान के तहत अनेक कार्यकम आयोजित कर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया शिमला में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के प्रदेशव्यापी अभियान का श्मारम्म किया

उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से इस संबंध में भरपूर योगदान की अपील की इघर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के पुराने बस अड्डे और शिक्षा निदेशालय में स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्वच्छता समाज के प्रति हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसकी पूर्ती करना हर नागरिक का व्यक्तिगत कर्त्तव्य है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि उनकी सरकार ने प्रदेश को उद्यमियों के लिए पंसंदीदा गंतव्य के रूप में बदलने की परिकल्पना की है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं वे शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा सरप्लस व हर मौसम पर्यटन राज्य है और वैश्विक निर्माण हब के रूप में उमर रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ऊर्जा पर्यटन कृषि प्रसंस्करण उद्योग और ढांचागत विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दे रही है उन्होंने कहा कि बीते कुछ महीनों में औद्योगिक संगठनों की बहुत सी समस्याओं का समाधान किया गया है मारकंडा कृषि व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल ज़िला प्रशासन व अन्य विभागीय अधिकारियों को सर्दियों के दौरान अपने कार्यालयों में रसोई गैस सिलेंडर का भंडारण न करने के निर्देश दिए हैं केलंग में आज परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर का भंडारण शहर से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर करे ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके उन्होंने विमागीय अधिकारियों से सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए निश्चित समय अवधि में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश भी दिए मारकंडा ने कहा कि घाटी में मत्सय पालन को बढ़ावा दिया जाएगा और बेरोजगार युवाओं को इसके लिए प्रेरित किया जाएगा अनुराग लोकसभा में मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्र द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ौतरी को सरकार का सराहनीय कदम बताया है उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में इस ऐतिहासिक बढ़ौतरी से उनकी वर्षों पूरानी मांग पूरी हुई है ठाक्र ने कहा कि सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने के अलावा उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना निशुल्क देने का फैसला भी लिया है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है

किन्नौर से हमारे प्रतिनिधी ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है राजीव सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता और योग्यता के बल पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही हैं

इस दौरान उन्होंने सभी को पोषाहार की शपथ दिलाई और कहा कि हम सभी को राष्ट्रीय पोषण माह के महत्व को समझने की जरूरत है

कार्यशाला कल्लू में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत एक हुंचत है कार्यशाला आयोजित की गई इसमें आपदा से होर्न वाले नुकसान को कम करने और बचाव राहत व पुर्नवास कार्यो को बेहतर ढंग से अंजाम देने सहित सरकारी तंत्र व स्वयं सेवी संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने की जानकारी दी गई है इस दौरान जिला अंतर एंजेसी समूह का गठन भी किया गया जिसमें आपदा प्रबंधन से संबधित सरकारी अधिकारियों और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया